आज होगा अंतिम संस्कार

खिलाड़ियों ने घरों पर रहकर ही लिया हिस्सा शिवराज अपील म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे प्रदेशों में फंसे मध्यप्रदेश के मजदूरों से अपील की है कि वे चिंता न करें उनकी मध्यप्रदेश स्रक्षित वापसी स्निश्चित की जाएगी श्री चौहान ने कहा कि वे धैर्य रखें पैदल न चलें और प्रदेश के कंट्रोल रूम पर संपर्क कर अपनी जानकारी दें

वे निर्धारित कार्यक्रमान्सार विभिन्न प्रदेशों से मजद्रों को लेकर मध्यप्रदेश आएंगी मजद्रों को आने का कोई किराया नहीं च्काना है विदिशा ट्रेन तीन विशेष ट्रेनों से कल साढ़े तीन हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर विदिशा पहंचे विदिशा कलेक् र डॉ पंकज जैन ने बताया है कि इन श्रमिकों का मेडिकल परीक्षण और सैनि ाइज कर उनको अपने अपने जिलों में भेजा गया है श्रमिक भी घर वापसी पर सरकार का आभार जता रहे हैं शिवप्री के रहने वाले राजक्मार जा व ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की

जबलप्र से इनके शव उनके ग़ह स्थान भैजे जायेंगे

काउंसिल ऑफ साइंगिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर की देखरेख में यहाँ चल रहे दवा के क्लिनिक ट्रायल के श्रुआती नतीजे आशाजनक आये हैं

पेश है एक रिपोर्ठ अस्पताल कार्रवाई प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और इंदौर संभाग के प्रभारी मंत्री त्लसीराम सिलाव के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इंदौर के गोक्लदास अस्पताल का लाइसेंस अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है

इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगाते हुए मौजूदा मरीजों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं

इन लोगों के मोबाइल नंबरों की सूची भी आमजन के लिए जारी की जाएगी

उधर हरदा से अच्छी खबर है जहा पहले मरीज की तीसरी रिपोर्त भी निगेपिव आई है

इस सेवा का श्भारंभ कल जिला पंचायत कार्यालय के परिसर में कलेक् र तन्वी सुन्द्रियाल ने किया इस दौरान उन्होंने महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाव की समझाइश भी दी आकाशवाणी से बातचीत में मिशन की नोडल अधिकारी मीनू चौहान ने बताया कि ये नवाचार लोगों के लिए लाभकारी होगा

प्रदेश में पहली बार व्श् की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने मैदान पर नहीं बल्कि अपने घरों पर रहकर ही हिस्सा लिया जबलप्र के अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रशिक्षिक और एम्पायर मनोज गुप्ता ने हमारी संवाददाता स्रभि तिवारी से बातचीत में बताया कि आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओ के लिए लॉकडाउन के इस दौर मे ऑनलाइन माध्यम ही सबसे उपयोगी साबित हो रहा है

जिला पंचायत सीईओ भव्या मित्तल ने इसकी पृष्णि की है

आज होगा अंतिम संस्कार

खिलाड़ियों ने घरों पर रहकर ही लिया हिस्सा